प्रदेश में अंगीकार अभियान शुरू प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों के सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाना है उद्देश्य सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने प्राकृतिक जलस्रोतों के संरक्षण का किया आह्वान

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं व कई केन्द्रीय मंत्रियों ने नई दिल्ली में राजघाट स्थित बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया महात्मा गांधी सर्वधर्म समभाव के पक्षधर थे इधर शिमला के रिज मैदान पर हुए समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर राज्यपाल ने महात्मा गांधी की विचारधारा व मानवता के संदेश को जीवन में अपनाने की ज़रूरत पर बल दिया उन्होंने कहा कि देश को स्वच्छ बनाने के लिए हर नागरिक को स्वच्छ भारत विचारधारा के प्रयोग के बारे में सोचना चाहिए वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि हिमाचल को सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाने के लिए समाज के हर वर्ग का सहयोग ज़रूरी है राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने रिज मैदान पर हुए स्वच्छता अभियान में भी हिस्सा लिया उन्होंने पदम देव कॉम्पलेक्स में महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस दौरान मौजूद रहे कांग्रेस समारोह प्रदेश कांग्रेस ने गांधी जयंती पर शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय से रिज मैदान तक पद यात्रा निकाली पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा में उपनेता आनन्द शर्मा प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल सह प्रभारी गुरूकीरत सिंह और प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर भी यात्रा में शामिल हुए इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी गई अन्य समारोह प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर याद किया गया

सांसद राम स्वरूप शर्मा ने मण्डी ज़िले के जोगिन्द्रनगर बिलासपुर में विधायक सुभाष ठाकुर जबकि चम्बा मुख्यालय में विधायक पवन नैयर ने राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की

हमीरपुर में विधायक नरेन्द्र ठाकुर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की शपथ दिलाई केलंग में उपायुक्त केके सरोच मण्डी में उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने राष्ट्रपिता को श्रद्वासुमन अर्पित किए सोलन में उपायुक्त केसी चमन ने विद्यार्थियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई राज्य प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड ने परवाणू में स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया किन्नौर जिले के सांगला में भी स्वच्छ महोत्सव का आयोजन किया गया

अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्वांजलि देने के साथ ही मैहतपुर देहलां और चताड़ा में लोगों को स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई इस बीच देहलां में एक जनसभा में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री ने हिमाचल को सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने वाला पहला राज्य बनाने का आहवान किया

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी इस दौरान मौजूद रहे

इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों के सामाजिक व्यवहार में बदलाव का प्रयास किया जाएगा सरवीण चौधरी ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वस्थ व स्वच्छ भारत का सपना देखा था जिसे साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निरंतर प्रयास कर रहे हैं उन्होंने कहा कि अंगीकार अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय अनुश्रवण और समन्वय समिति बनाई गई है हमीरपुर में विधायक नरेन्द्र ठाकुर ने अभियान की शुरूआत की आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शिमला इकाई ने गांधी जयंती पर संजौली में शस्त्र पूजन व पथ संचलन का आयोजन किया कार्यक्रम में संघ के वरिष्ठ प्रचारक प्रेमचंद गोयल ने कहा कि संघ प्ररे हिन्दू समाज का एक संगठन है उन्होंने कहा कि संघ देश को विश्व गुरू बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है प्रांत संचालक वीर सिंह रांगड़ा ज़िला संचालक अजय कुमार सूद प्रांत प्रचारक संजय कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे फाउंडेशन महात्मा गांधी ग्लोबल फाउंडेशन ने गांधी जयंती पर शिमला के रोटरी टाउन हॉल में सैमिनार व परिचर्चा का आयोजन किया इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रमोद शर्मा ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और विशेषकर युवाओं से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वामी विवेकानन्द और लाल बहादुर शास्त्री के पदचिन्हों पर चलने का आग्रह किया महेन्द्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मण्डी ज़िले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आज विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारम्भ किया एक जनसभा में उन्होंने जल संग्रहण की आवश्यकता पर बल देते हुए प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण व रखरखाव का आह्वान किया उन्होंने कहा कि इन पेयजल स्रोतों को लम्बे समय तक जीवंत रखने के लिए जन भागीदारी बेहद जुरूरी है महेन्द्र सिंह ठाक्र ने बताया कि लोगों को स्वच्छ पेयजल व सिंचाई सुविधा मुहैया करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के भूर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की

बंगाणा में आज फिट इंडिया प्लॉगिंग रन के शुभारम्भ पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में क्षेत्र में कई बड़ी परियोजनाएं शुरू होंगी जिससे स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर मिल सकेंगे

उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग न करने पर ध्यान दिया जाएगा

इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने का आह्वान किया कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने धर्मशाला और पच्छाद उपचुनाव में जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया है